इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इसे शानी में घोल कर लेना होगा यह संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बनाती है इस दवा का विकास डीआरडीओ प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्य्क्लियर मेडिसन एंड अलाइड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लेब्रोरिटीज के सहयोग से किया है इसके क्लीनिकल रीक्षण के रिणामों में दिखाया गया है कि यह अस् ताल में भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति ार निर्भरता घटाती है

किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे नकद छट कोविड महामारी को देखते हए केंद्र सरकार ने सभी अस् तालों को रोगियों से दो लाख रू ये तक नकद लेने की अन्मति दे दी है रोगी और नकद लेने वाले अस्ततल को इस तरह के भूगतान के लिए अ ना प्रैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी

ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोविड महामारी के कारण निर्यात आयात में देरी न हो और कोई रूकावट न आए

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश सरकार के प्रयासों र संतोष व्यक्त करते हुए केन्द्र द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया सतना जिले के मैहर विधायक नारायण त्रि ाठी ने जिला अस् ताल में ऑक्सीमीटर भेंट किये

नागौद विधायक नागेन्द्र सिंह जूदेव ने सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊचेहरा में विधायक निधि से आई सी यू वार्ड सहित अन्य कार्यो की मंजूरी दी है

शहडोल जिला चिकित्सालय में आज से सिटी स्कैन की स्विधा श्रू हो गई है बीपीएल एवं आय्ष्मान कार्ड धारियों को यंहा निःशुल्क सुविधा मिलेगी

चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के साथ ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए जिनसे कालाबाजारी करने वाले इंजेक्शन या दवा प्राप्त करते हैं

ग्रामीण सेंटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हए मामलों को देखते हए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर बनाये जायेंगे जहाँ मरीजों के लिये सभी व्यवस्थाएँ होंगी

मुख्यमंत्री सीहोर जिले के शाहगंज कोविड केयर सेंटर का अचानक निरीक्षण कर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया

विभिन्न राज्यों में मौजूदा धान की खरीद भी स्चारू रू से चल रही है मौसम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मई माह में भी राजधानी भो ाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाने लगे हैं साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी होने लगी है मौसम विभाग के अन्सार मप्र में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसीतरह रह सकता है इस दौरान अधिकतम ता मान में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है ग्ना में बारिश होने की खबर है

वे कल ब्ल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलं िक क्वालीफायर के फाइनल में हंची थी प्रत्येक भार वर्ग के फाइनल में हंचने वाले हलवानों को ओलंपिक कोटा हासिल होगा विनेश फोगाट सोनम मलिक और अंश् मलिक भी ओलं िक के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं

इन रीक्षाओं की आगामी तिथि की सूचना बाद में जारी की जायेगी